इसके तहत देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू हो गई हैं

केन्द्र सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही की भी अनुमति दे दी है राज्य अनलॉक इधर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनलॉक चरण एक के तहत लोगों की सुविधा के लिए कई बड़ी रियायतें दी हैं

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए किसी भी तरह के पास के जरूरत नहीं होगी लेकिन अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता होगी सरकार द्वारा अंतर ज़िला बस सेवा भी शुरू कर दी गई है सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालय खोलने के साथ ही सौ प्रतिशत कर्मचारियों को उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं

धार्मिक स्थल राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में धार्मिक स्थल और होटल रेस्तरां आठ जून से खुलेंगे प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में भाषा कला व संस्कृति और पर्यटन विभाग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा रेल सेवा इस बीच आज से जन शताब्दी रेलगाड़ी रूटीन में ऊना आना शुरू होगी

उन्होंने कहा कि आने वाले यात्री अपने निजी वाहनों से गंतव्यों तक जा सकते हैं नियक्ति राज्य सरकार ने कल देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है

उन्हें लोक निर्माण आबकारी व सूचना और जनसंपर्क विभागों को जिम्मेदारी भी दी गई है सेवानिवृत आई ए एस अधिकारी आर एन बत्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार और प्रधान निजी सचिव नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव रहे विनय सिंह को विशेष सचिव मुख्यमंत्री और लोकनिर्माण लगाया गया है

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कर्फ्यू में ढील से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल ने लिखा है खुलकर खुल गया हिमाचल प्रदेश में आज से सुबह छह से रात आठ बजे तक कर्फ्यू में छूट

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं मंदिरों के कपाट खुलेंगे होटल रेस्तरां भी खुले सरकारी दफ्तरों में सभी का आना जरूरी प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है जेसी शर्मा सीएम के प्रधान सचिव वहीं पंजाब केसरी की सुर्खी है सेवानिवृति के बाद आरएन बत्ता को लगाया मुख्यमंत्री का सलाहकार व विशेष निजी सचिव दैनिक भास्कर ने लिखा है रोहतांग मार्ग में चुम्बक मोड़ में गिरीं चट्टानें लेह मार्ग यातायात के लिये बंद गुप्त बैठक करने वालों को भाजपा विधायकों ने बताया बागी शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है नए भाजपा अध्यक्ष की ताजपोशी से पहले हिमाचल में सियासी घमासान तेज